कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कोविड महामारी का असर कम करने के लिए वैक्सीन की समान रूप से उपलब्धता पर बल दिया है उन्होंने वैश्विक समुदाय से दुनियाभर में सभी को तेजी से वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से इसके अनुसंधान विकास और विनिर्माण में सहयोग करने का अनुरोध किया है

उन्होंने कहा कि कोविड टीके के वितरण में वैश्विक सहयोग की कमी से गरीब देश प्रभावित होंगे

इसे समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और पहचान करने के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग आवश्यक है उन्होंने इस नई चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समयबद्ध सूचना के आदान प्रदान की आवश्यकता पर भी जोर दिया

दूसरी तरफ हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ के कोविड अस्पतालों में सभी कोविड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रशासन की मदद कर रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोविड अस्पतालों में सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा और औषधो विभाग को विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सोजन आपूर्ति की निगरानी करने को कहा है उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सोजन की कोई कमी नहीं है मुख्यमंत्री ने राज्य में रेमडेसिविर इन्जेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है

इस दौरान आपातकालीन सेवाएं टीकाकरण और जागरूकता अभियान जारी रहेगा पूर्व निर्धारित परीक्षाएं और औद्योगिक ईकाइया भी सामान्य रूप से काम करेंगो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सम्पूर्ण राज्य में रविवार को लगाये जा रहे कोरोना कर्फ्यू को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं इस दौरान सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से रोडवेज की बसों को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है

अंतिम संस्कार के लिये अधिकतम बीस व्यक्तियों को शामिल होने की छूट होगी प्रदेश में कई केन्द्रों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी अपना एडमिड कार्ड दिखा कर जा सकेंगे प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है

अब प्रदेश में करीब डेढ़ लाख कोरोना के सक्रिय मामले हैं

इस बीच प्रदेश के गन्ना एवं चीनी मंत्री सूरेश राणा कोरोना से संक्रमित हो गये हैं उन्होंने टवीट कर यह जानकारी दी

ये राज्य हैं महाराष्ट उत्तर प्रदेश दिल्ली छत्तीसगढ़ कर्नाटक मध्य प्रदेश केरल गुजरात तमिलनाडु और राजस्थान

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिये संकल्पित है कोविड के कारण लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिये सभी जरूरी प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी जरूरतमंदों को राशन और भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करायेगी श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भरण पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट करने तथा उन्हें राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिये हैं इसके साथ ही अन्त्योदय सहित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा की जायेगी

प्रधानमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि दो शाही स्नान पहले ही संपन्न होने को देखते हुए कुंभ के उत्सव को केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाना चाहिए

श्री मोदी ने कोविड से संक्रमित संतों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछताछ की और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए संतों का आभार व्यक्त किया इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें और बड़ी संख्या में कुंभ स्नान के लिए न आए उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हैं

इस चरण में जिन जनपदों में चुनाव होना है वे है मुजफ्फरनगर बागपत गौतमबुद्ध नगर बिजनौर अमरोहा बदायूं एटा मैनपुरी कन्नौज इटावा ललितपुर चित्रकूट प्रतापगढ़ लखनऊ लखोमपुर खीरी सुल्तानपुर गोण्डा महराजगंज वाराणसी और आजमगढ़ पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिये दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की जांच आज पूरी हो गई

चौथे चरण के चुनाव के लिये नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई उम्मीदवार कल तक नामांकन दाखिल करेंगे

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचल मंदिर को श्रद्वालुओं के लिये बंद कर दिया गया है नवरात्रों के दारान चल रहे मेले को भी रद्द कर दिया गया है मंदिर प्रशासन ने नवरात्रों के दौरान दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन के लिये न आने की अपील की है

विभाग ने देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये कदम उठाया है रेल मंत्रालय ने सभी रेल जोन के महाप्रबंधकों को इस संबंध में पत्र लिखा है मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्रूप यह निर्णय लिया गया है ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले छह महीने तक लागू रहेगा